राज्य पथ परिवहन निगम में करूणामूलक आधार पर नौकरी का कोटा बढ़ाने की सरकार से सिफारिश करेगा निगम कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू प्रदेश में वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी शीतलहर हुई तेज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

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और स्वास्थ्य उपकरणों की कोई कमी नहीं है तथा लोग इस बारे में चिंतित न हों मुख्यमंत्री आज जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव सचिवों और उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने अधिकारियों को स्थिति पर निगरानी रखने और इस महामारी से लड़ने के लिए कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि कोरोना रोगियों को उपचार की उचित सुविधा मिले उन्होंने अधिकारियों को लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क का उपयोग करने तथा परस्पर दरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करने को भी कहा मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से द्र रहने की अपील भी की ताकि महामारी के फैलने की संभावना को कम किया जा सके उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी के दृष्टिगत सड़कों के उचित रखरखाव के निर्देश भी दिए जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने आज जम्मू के बिलावर और मण्डली क्षेत्रों में जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रैली को संबोधित किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज देश का नेतृत्व मजबूत और सक्षम नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं जयराम ठाकर ने कहा कि देश नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में एक बार फिर अपना खोया हुआ गौरव हासिल करेगा उन्होंने लोगो से इन चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों को वोट देकर समर्थन देने का आग्रह किया ताकि विकास गति निर्बाध रूप से चलती रही वन मंत्री राकेश पठानिया और अन्य नेता भी इस अवसर पर उपस्थित थे

बिक्रम ठाक्र आज शिमला में निगम के निदेशक मंडल और शहरी परिवहन व बस अड्डा प्रबंधन तथा विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडलों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

बिक्रम ठाकुर ने निगम के लिए बसों की खरीद प्रक्रिया में तेज़ी लाने की बात कही

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य के चार जिलो में रात्रि कफ्यू के बावजूद निगम इन ज़िलों में रात्रि बस सेवाएं देगा सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आईजीएमसी शिमला से इसकी आपूर्ति की जाएगी भारद्वाज ने शिमला में कहा कि आईजीएमसी में सरप्लस ऑक्सीजन के चलते ये निर्णय लिया गया है

इस ओवर हैड ब्रिज के बनने से पैदल चलने वालों को काफी आसानी होगी उन्होंने बाद भे सांगटी में वार्ड कार्यालय का लोकार्पण भी किया विमोचन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद जगत प्रकाश नड़डा ने अपने हालिया हिमाचल दौरे के दौरान डॉक्टर प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक द इनक्रेडिबल स्टीव जॉबस का बिलासपुर में विमोचन किया नड़डा ने लेखक को पुस्तक के विमोचन की बधाई और भविष्य के लिए श्भकामनाएं दी

इससे पूर्व वे हिमाचल भारत एक विश्व शक्ति और जीवन के विभिन्न आयामों पर पुस्तकें लिख चुके हैं शहीद सिरमौर ज़िला के राजगढ़ विकास खंड के बोहल टालिया पंचायत के धार पजेरा गांव का जवान अंचित शर्मा अरूणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा पर एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गया है

अंचित शर्मा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था परिजनों को बीती रात ही अंचित के शहीद होने की सूचना मिली राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अंचित शर्मा की शहादत पर उसके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है राजीव सैजल कोरोना सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों की पहचान के लिए आज से राज्य के सभी जिलों में हिम सुरक्षा अभियान शुरू हो गया सोलन में इस अभियान की शुरूआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों को कोरोना नियमों के पालन की शपथ दिलाई उन्होंने इस मौके पर कहा कि सर्दियों में कोरोना संक्रमण के अधिक बढने की आशंका को देखते हुए सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए ताकि इस महामारी पर काबू पाया जा सके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार से कोरोना से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और इसमें जनता की भागीदारी ज़रूरी है महेन्द्र सिंह इस बीच जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर सरकार राज्य में स्थित निजी अस्पतालों को टेक ओवर करेगी ताकि कोरोना महामारी से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके महेन्द्र सिंह ठाकर आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को बेहतर से बेहतर उपचार देने के लिए प्रयासरत है और इसी के तहत मंत्रिमंडल ने जुरूरत की स्थिति में निजी अस्पतालों को टेकओवर करने को मंजूरी दी है उन्होंने मंडी में जिला स्तरीय हिम सुरक्षा अभियान की विधिवत शुरूआत भी की और जागरूकता वाहन को झण्डी दिखाकर रवाना किया जल शक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिम सुरक्षा अभियान में किसी प्रकार की कोताही न बरते

राजेन्द्र गर्ग बिलासपुर में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण मिलेंगे तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग के ओर से हरसंभव सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी

मौसम प्रदेश में आज चौथे दिन भी वर्षा व बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा राज्य के जनजातीय व अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में आज भी दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा जिससे पूरा प्रदेश जोरदार शीत लहर की चपेट में है लाहौल स्पिति जिला प्रशासन ने बर्फबारी रूकने तक लोगों को अटल टनल रोहतांग के नार्थ पोर्टल की तरफ न जाने की सलाह दी है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सोलंग नाला और गुलाबा में आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा नारकंडा और कफरी में भी आज दोपहर बाद हल्का हिमपात होने का समाचार है राजधानी शिमला सहित राज्य के मैदानी जिलों में कई स्थानों पर भी आज हल्की वर्षा हुई इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना जताई है